प्रदेश के सोनमद्र जिले में जनजातीय सभा वनवासी समागम के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जैसे भगवान राम ने बनवासी समुदाय की मदद से विजय प्राप्त की थी वैसे ही आज देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए जनजातीय समुदाय को साथ लेकर चलना होगा यदि देश को विकास करना है तो सचमुच में आदिवासी वनवासी समुदाय के बिना हमारे देश के विकास को हम संपूर्ण विकास नहीं कह सकते और इसलिए बहुत जरूरी है कि इनका विकास क्योंकि इनके विंकास के आवार पर ही सही मायने में जो नगरीय विकास है उसका अस्तित्व जुड़ा है और एक दूसरे का हम एक दूसरे का पूरक कह सकते हैं इन सबका विकास चाहे वो पिछड़ा समाज हो दलित समाज हो वनवासी समाज हो इन सबका विकास साथ साथ जरूरी है प्रदेश के अपने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोनभद्र जिले के बमनी खंड में चपकी क्षेत्र का दौरा किया यहां वनवासी समागम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री कोविंद ने सेवा कज आश्रम के नव निर्मित भवन का उदघाटन किया जनजातीय संस्कृति के विस्तार और विशिष्टता की सराहना करते हए राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समृदायों की कला और समृद्द संस्कृति के विकास की आवश्यकता है उन्होंने इस क्षेत्र की जनजातियों के लिए किए जा रहे कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यदि किसी को जनजातीय संस्कृति की जडों को समझना है तो उसे सोनभद्र जरूर आना चाहिए एक ऐसा प्रकल्प खड़ा हुआ है जहां के सोनमद्र लोग समझेंगे क्या सोनमद्र कौन सी जगह है और मैं चाहता हूं कि शिक्षा जगत में आज जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अब हमारे बच्चे यहां से पास होकर के मेडिकल शिक्षा के लिए उनको लखनऊ और बनारस नहीं जाना पडेगा बल्कि वो सोनमद्र में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे राष्ट्रीय अखिल भारतीय वनवा कल्याण आश्रम के अध्यक्ष रामचंद्र खराडी ने समारोह की अध्यक्षता की समारोह में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि उनकी सरकार सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज खोलेगी उन्हॉने सोनभद्र के खिलाडियों और विद्यार्थियों के लिए तीरंदाजी रेंज की स्थापना करने का भी भरोसा दिलाया चपकी पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भव्य स्वागत किया गया राष्ट्रपति के स्वागत में सौ से अधिक आदिवासी समुदाय के कलाकारों ने हैलीपैड से लेकर स्टेज तक पारंपरिक कर्मा और शैली नृत्य पेश किया आज राष्ट्रपति ने आश्रम के दो छात्रावासों वरूणोदय और अरूणोदय के साथ ही एक शबरी भोजनालय का लोकार्पण किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आदिवासियों के साथ संवाद किया और यहां छात्रों को दी जाने वाली सुक्घाओं का जायजा लिया सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार चपकी सोनभद्र

इससे सत्यापित प्रमाण पत्रों की सुगमता सुनिश्चित होगी जारी किए गए प्रमाण पत्र स्वचालित रूप से डिजीलॉकर में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और उसी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और डिजीलॉकर की वेबसाइट पर देख सकेंगे श्री पोखरियाल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी ओटीपीआरएमएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दो सौ रुपये का पंजीकरण श्ल्क माफ कर दिया गया है प्रधानमंत्री के साथ संवाद वाले शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण का आज आखिरी दिन है हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम का यह चौथा संस्करण है और इसे वर्घअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हए इस बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न केवल छात्रों से संवाद करेंगे बल्कि अध्यापकों और अभिभावकों से भी बातचीत करेंगे

कल पन्द्रह लाख उन्नीस हजार लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया गया इन्हें मिलाकर अब तक दो करोड सत्तानबे लाख टीके लगाए जा चुके हैं अल्पावधि में सबसे तेज गति से यह उपलब्धि हासिल करने वाले देशों में भारत एक है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि मौजूदा चरण में मात्र तेरह दिन में साठ वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अठहत्तर लाख और पैंतालीस वर्ष से अधिक आय के गंभीर बीमारियों से पीडित व्यक्तियों को तेरह लाख छियासी हजार टीके लगाये जा चुके हैं

यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का पचहत्तरवां संस्करण होगा